आईसीसी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से प्रदेश में आज भी प्रचण्ड गर्मी और बढ़ते तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंका में ईस्टर संडे को हुए आतंकी हमलों से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने और भारत की पड़ोसी देश को सर्वप्रथम मानने की नीति की पुष्टि करते हुए आज श्रीलंका पहुंचे उन्होंने सेंट एथनी चर्च में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी ईस्टर के दिन आतंकी हमले के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले श्री मोदी किसी भी देश के पहले शासनाध्यक्ष होंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंधे के साथ आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकता के प्रयासों हिंदमहासागर क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा और आर्थिक विकास में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे

इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और मालदीव में आपसी सहयोग बढ़ाने तथा आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने का फैसला किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान कल दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की

नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ करीब पैंतीस हजार लोग प्रभात तारा मैदान में योग करेंगे इच्छक व्यक्ति इसके लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट योगा डे इंडिया डॉट एन आई सी डॉट इन पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जुलाई से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में योग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरु करेगा यह कार्यक्रम जयपुर र्जोधपुर दिल्ली देहरादून बैंगलूरू भुवनेश्वर चैन्नई मुंबई और पुणे में इग्नू क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से संचालित करवाया जाएगा जयपुर क्षेत्रीय केन्द्र की निदेशक ममता भाटिया ने बताया इस विशेष कार्यक्रम का अध्ययन करने के बाद शिक्षार्थी योग के मूल सिद्दान्तों ओर अभ्यास को समझ सकेगें

उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजनीतिक बहस के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है श्री नायडू ने कल हैदराबाद में आयोजित एक समारोह को सम्बोधित करते हुए इसे शिष्ट शालीन और स्वस्थ बहस में बदलने का आहवान किया है उन्होंने संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही में लगातार बाधा को लेकर चिंता व्यक्त की श्री नायडू ने कहा कि संवैधानिक मंचों को अवरोध का माध्यम बनाना संविधान निर्माताओं के स्वप्न को सीधे नकारना है उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह लोगों की आशा और आकाक्षाओं को चोट पहंचाना और लोकतंत्र के स्तम्भों में उनके भरोसे को तोड़ना है खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि राज्य सरकार खेल नीति पर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम करेगी श्री चांदना ने कल अजमेर के ब्यावर रोड स्थित चन्द्रवरदाई खेल मैदान पर अजमेर क्रिकेट प्रीमियर लीग का उदघाटन करने के बाद पत्रकारों से कहा कि खेल को बढ़ावा देना और खेल के लिए सुविधाएं विकसित करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है उदयपुर जिले के बेकरिया क्षेत्र में कल देर रात दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई

उधर ब्रूदी कोटा स्टेट मेगा हाइवे पर कल रात हस्तीनापुर के पास एक कार पेड़ से टकरा गई

पाली जिले के सांडेराव इलाके में केनपुरा के पास आज सुबह घरेलू गैस के सिलेण्डर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला ओवल में ऑस्ट्रेलिया से होगा मैच दिन के तीन बजे शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल ढाई बजे से राजधानी और एम एम रेनबो तथा डीटीएच हिंदी पर सुना जा सकता है भारत ने इस विश्वकप में अपना अभियान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत के साथ शुरू किया था इधर ऑस्ट्रेलिया अपने पहले दो मैच जीत चुका है मानसून ने एक सप्ताह की देरी के बाद कल केरल में दस्तक दी भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मॉनसून की कल केरल के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा के साथ शुरूआत हुई है इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है